वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत अब डेढ़ करोड़ रूपये तक वार्षिक कारोबार करने वालों को एक प्रतिशत टैक्स देना होगा इसके साथ ही व्यवसायियों को राहत देते हुये यह व्यवस्था भी की गयी है कि कारोबारी त्रैमासिक के बजाय वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कारोबार को मिल सकेगा उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की दस जनवरी को होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा केन्द्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाएगी श्री प्रसाद ने कहा कि जल्द ही इसे अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाएंगे उन्होंने ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल दुर्घटना करने वाला दोषी घटनास्थल से भाग जाता है और ड्रपलीकेट लाइसेंस बनवाकर दंड से बच जाता है आधार से जुड जाने पर कोई भी व्यक्ति अपना नाम तो बदल सकता है लेकिन वह अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे आंखों की पुतली और फिंगर प्रटिस संबंधी डेटा को बदल नहीं पाएगा लोकसभा चूनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सत्रह समितियों की घोषणा की है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है वहीं केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को प्रचार शाखा नितीन गडकरी को सम्पर्क समिति और सुषमा स्वराज को चुनाव साहित्य तैयार करने वाली समिति का प्रमुख बनाया गया है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मीडिया समिति का अध्यक्ष बनाया गया है समिति में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी बिहार के पार्टी प्रभारी भूपेन्द्र यादव और विधान पार्षद संजय पासवान को भी जगह मिली है मीडिया समिति में पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी शाहनवाज हुसैन और विधान पार्षद संजय मयूख भी शामिल किये गये हैं इसके अलावा सामाजिक स्वयं सेवी संगठन सम्पर्क समिति में एसएस आहलूवालिया और साहित्य निर्माण समिति में सांसद प्रभात झा शामिल हैं लोकसभा चूनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के सभी दलों की आज शाम राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक आयोजित की गई है सूत्रों के अनुसर लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन की यह पहली बैठक है बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव शामिल होंगे राज्य के कई क्षेत्रों में बर्ड फ्लू के कारण साठ से अधिक कौओं की मौत हो गयी है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के चंदनपट्टी गांव में बारह कौओं की मौत हो गयी कौओं की मौत की जांच के लिए चंदनपट्टी गांव पहुंचे चिकित्सों ने बताया कि सैम्पल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है वहीं मुंगेर जिले में पैंतालीस कौओं की मौत हो गयी है पश् स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान विभाग ने दावा किया है कि कौओ की मौत बर्ड फ्लू से नहीं बल्कि ठंड लगने के कारण हुई है इधर नई दिल्ली से आयी कोन्द्रीय टीम ने पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू के प्रभाव की जांच की चिड़ियाघर को संक्रमण मुक्त करने के लिए दवा का छिड़काव लगातार किया जा रहा है राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई इलाकों में धूप निकलने से कनकनी से राहत मिली है चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों में कुहासे का प्रकोप बढ़ने की सम्भावना है विभाग ने अगले चौबीस घंटे के दौरान घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है राज्य के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की सम्भावना है इधर कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र में ठंड से एक सैप जवान की मौत हो गयी भीम यूपीआई ऐप के माध्यम से लेन देन का आंकड़ा दिसंबर दो हजार अठाहर में एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में बताया कि इस ऐप पर आधारित भुगतान का मूल्य पिछले साल दिसंबर में एक लाख दो हजार पांच सौ चौरानवे करोड़ रुपये था पिछले साल नवंबर में यह बयासी हजार दो सौ बत्तीस करोड़ रुपये और अक्तूबर में चौहत्तर हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़ रुपये था श्री प्रसाद ने बताया कि भीम यूपीआई वित्तीय लेन देन का टेक्नोलॉजी आधारित अनूठा माध्यम है जो बहुत लोकप्रिय हो गया है सारण गोपालगंज और अररिया जिले से पूलिस ने भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ एक जवान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के रूपगंज मुहल्ला में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से तीन सौ चार कार्टन विदेशी शराब के साथ बिहार पुलिस के एक जवान और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से दो सौ कार्टन विदेश शराब बरामद की है इधर अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के मटियारी वार्ड संख्या सात में उत्पाद विभाग की टीम ने जमीन के अंदर छिपा कर रखी गयी एक सौ इक्कीस बोतल देशी और विदेशी शराब के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है दानापूर में आज से सोलह जनवरी तक सेना बहाली के लिए कैम्प का आयोजन किया गया है इसमें हवलदार सिपाही स्टोरकीपर क्लर्क जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा बहाली शिविर में बिहार और झारखंड के सभी जिलों के योग्य अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं वहीं मुजफ्फरपुर जिले में भी आज से सेना भर्ती के लिए दौड़ शुरू हो रही है पहले दिन बिहार और झारखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थी धर्म शिक्षक और मानचित्रकार पद के लिए दौड़ेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है समिति की वेबसाईट पर एडमिट कार्ड आज से बारह जनवरी तक उपलब्ध रहेगा बोर्ड ने इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है आज से दस जनवरी तक समिति के वेबसाईट पर यह अपलोड रहेगा इधर बोर्ड ने वर्ष दो हजार बीस की माध्यमिक परीक्षा के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है नौवीं में पढ़ रहे छात्र अब दस जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ राजिस्ट्रेशन करा सकते हैं केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आहवान पर बैंकों में कल से दो दिवसीय हड़ताल रहेगी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है हड़ताल में एलआईसी समेत सभी बीमा कम्पनियां भी शामिल हैं प्रवर्तन निदेशालय बैंक डकैतों के सरगना माधव दास की ढ़ाई करोड़ रूपये की सम्पत्ति जब्त करेगा रेलवे एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशनों पर भी ट्रेनों के तय प्रस्थान समय से बीस मिनट पहले प्रवेश की अनुमति बंद करने की योजना बना रहा है राजधानी पटना में आज से रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के लीग चरण का अंतिम मैच बिहार और मणिप्र के बीच खेला जायेगा पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में नये खिलाड़ियों को मौका देने के लिए टीम में पांच बदलाव किये हैं बिहार टीम का नेतृत्व आश्रतोष अमन कर रहे हैं पटना में इक्कसी से चौबीस जनवरी तक राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है भ्रष्टाचार पर घमासान राफेल को लेकर राहुल सीतारमण आमने सामने एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है कल से दो दिन बंद रहेंगे बैंक दैनिक जागरण की सुर्खी है अब ट्रेन छूटने से बीस मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन दैनिक भास्कर ने लिखा है लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बनायी सत्रह समितियां घोषणापत्र बनायेंगे राजनाथ जेटली को प्रचार की कमान प्रभाात खबर लिखता है इंटर प्रैक्टिकल और मैट्रिक परीक्षा के लिए आज से डानलोड होंगे एडमिट कार्ड